राज्य मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस पर वैट की दरों में की कमी यूरिया खाद पैंतीस रूपये प्रति बैग होगी सस्ती

सम्पूर्ण राष्ट्र सरदार वल्लम भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात में लौह पुरूष सरदार वल्लम भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करेंगे एक सौ बयासी मीटर ऊंची श्री पटेल की प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के निकट साघू बैट ट्वीप पर बहुत कम समय में तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इक्कतीस अक्टूबर दो हजार तेरह को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से एकता ट्रेन यात्रा को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस ट्रेन में वाराणसी और मिर्जापूर सहित पूर्वाचल के महिला और पुरूष बड़ी संख्या में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं आज सरदार वल्लम भाई पटेल की जयन्ती पर प्रदेश भर में उन्हें याद करते हुए विभिन्न विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं लखनऊ में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया है

विधानसभा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक रन फॉर यूनिटी प्रतिमागियों को संबोधित करेंगे इसके बाद वह रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे यह दौड़ के डी सिंह बाबू स्टेडियम तक जायेगी प्रदेश सरकार ने सरदार वल्लम भाई पटेल के जन्म दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं इस अक्सर पर सभी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा पूर्वान्ह ग्यारह बजे राष्ट्रीय एकता शफ्थ ली जायेगी

समी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस शप्थ कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें सरदार वल्लम भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर की क्षमता को और आगे बढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन के जरिए लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ प्रौद्योगिकीय मनोवृत्ति के विकास पर जोर दिया जा रहा है नई दिल्ली में भारत इटली प्रौद्योगिकी शिखर बैठक के समापन भाषण में श्री मोदी ने कहा सभी देरों के सामने बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ वलने की बुनौती है तो अनेक नये अवसर भी है भारत ने तो टेक्नोलॉजी को सामाजिक न्याय सशक्तिकरण समावेश सक्षम सरकारी तंत्र और पारदर्शिता का माध्यम बनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के जरिये सरकारी सेवाएं समी लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा रही हैं आज दुनिया की सबसे बढ़ी डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम में से एक भारत में चल रही है सरकारी मदद सीवे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहंचाई जा रही है वर्थ साट्रिफिकेट से लेकर बुद्वापे की पेंशन तक की अनेक सक्विाएं आज ऑनलाइन हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत अब इटली सहित कई देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है श्री मोदी ने भारत इटली द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग कार्यक्रम का अगला चरण शुरू करने की घोषणा की इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेप कोंते ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्री मोदी से उनकी सार्थक बातचीत हई है श्री कोंते ने कहा कि दोनों देश रोबोटिक्स जेनेटिक्स एरोस्पेस अक्षय ऊर्जा और अनुसंघान आधारित कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं इस अवसर पर विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री हर्षक्वन ने कहा कि इस सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मैजूदगी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्दता को दर्शाती है श्री नरेन्द्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री ज्यूसेप कोंते ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का आहवान किया कि ये आतंकवादियों को धन और अन्य मदद रोकने के लिए वैश्विक आतंकवाद से निपटने की संयुक्त राष्ट्र रणनीति और इससे संबंधित प्रस्ताव लागू करें श्री मोदी और इटली के प्रधानमंत्री के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निन्दा करते हुए कहा कि आतंकवादियों आतंकी संगठनों और इन्हें प्रोत्साहन सहायता तथा धन देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल हुई बैठक में बारह अहम फैसलों को मंजूरी दी इनमें सबसे अहम उर्वरक और अन्य निर्माता इकाईयों के लिए प्राकृतिक गैस पर वैट की दरों में बदलाव है जिसके तहत अब तक लागू कई प्रकार की दरों को एक समान करते हुए साढ़े चौदह फीसदी कर दिया गया है इसका सीधा फायदा किसानों को होगा क्योंकि इसकी वजह से यूरिया के दाम में पैतीस रूपये प्रति वैग तक की कमी हो जायेगी इसके अलावा मोटर वाहनों को रंगे जाने के संबंध में मोटरयान नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है जिसके तहत बाइक टैक्सी और दूसरी टैक्सी गाड़ियों को काले लाल और कत्थई रंग में नहीं रंगा जायेगा मंत्रिमंडल ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सभी जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्र बनाये जाने को मंजूरी दी है कृष मेले में आने वाले कल्पवासियों को सत्रह रूपये के हिसाब से प्रति राशनकार्ड दो किलो चीनी दिये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई हाल ही में कृषि कृंम के दौरान प्रदेश में खेती में निवेश को लेकर जापान के साथ हुए समझौते को कैबिनेट में आज मंजूरी दें दी गई स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पैतीसवीं पुण्यतिथि आजं शहादत दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर विविद्व कार्यक्रमों के आयोजन कर के लोग श्रीमती गांधी श्रद्वापूर्वक याद करेंगे कॉग्रेस के कार्यालयों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए गये हैं इलाहाबाद में स्वराज भवन में एक विशेष श्रद्वाजलि समा का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ में कल बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों के घात लगाकर किये हमले में दूरदर्शन समाचार का एक कैमरामैन और दो सुखाकर्मी शहीद हो गये दुरदर्शन के तीन सदस्यों की यह टीम चुनावी कवरेज के लिए अरनपुर इलाके में थी इस मुठमेड़ में दूरदर्शन समाचार के कैमरामैन अव्युतानन्द साह सहायक उप निरीक्षक रुद्रप्रताप सिंह और कांस्टेबल मंगलराम शहीद हो गये दो जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए विमान से रायपुर ले जाया गया है केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सली हमले की निन्दा की है उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यकर्धन राठौड़ ने घटना की निंदा करते हुए कहा जो जाने गई हैं उनके परिवार के साथ हम समी आज खड़े हैं इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे साथ ही जितने भी मीडियाकर्मी है और जितने भी लोग जो ऐसी खतरनाक जगहों पर जहां जाते हैं उसको कवर करते हैं मैं आज उनको याद करता हूं उनके शौर्य को याद करता हूं कि यो वहां जाकर देरामर को वहां की खबर देते है श्री राठौड ने शहीद कैमरामैन के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की इसमें दस लाख रुपये द्रदर्शन द्वारा और पांच लाख रुपये की राशि पत्र सुवना कार्यालय के पत्रकार कल्याण कोष से दी जाएगी प्रसार भारती के अव्यक्ष ए सुयेप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नक्सली हमले में शहीद हुए सुखाकर्मियों और दूरदर्शन कैमरामैन के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है उच्वतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन और दस वर्ष पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक लगा दी न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र में सड़कों पर दिखाई देने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा